सिंगापुर में आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला में कल उन्होंने ये बात कही बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी कार्यक्रम स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया देश में बेहद सफल रहे हैं

पोषण केन्द्र सरकार ने भारतीय पोषण कृषि कोष के गठन की घोषणा की है

नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए कृषि और पोषाहार के बीच तालमेल की जरूरत पर जोर दिया गुहिणी सुविधा राज्य सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना की पात्रता में कुछ संशोधन किया है इसके मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्त करने वाले पंजीकृत ठेकेदार और आयकरदाताओं के परिवार भी योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन पाने के हकदार होंगे

सहकारी सप्ताह अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के मौके पर आज ऊना जिले में हरोली विधानसभा क्षेत्र के बढ़ेड़ा में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे जबकि सहकारिता मंत्री राजीव सैजल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे अग्निकांड शिमला जिले में रोहड् क्षेत्र की धमवाड़ी पंचायत के गज्याणी गांव में कल शाम आग लगने से तीन मकान जलकर राख हो गए अग्निकांड की इस घटना से छह परिवार बेघर हए हैं और इससे करीब एक करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति के नुकसान का अनुमान है प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण बिजली का शॉटसर्किट होना बताया जा रहा है रोहड्र के एसडीएम बीआर शर्मा ने बताया कि प्रभावितों को फौरी राहत के तौर पर पांच पांच हजार रुपये की राशि दी गई है और उनके रहने का प्रबंध किया गया है

समारोह का उद्घाटन फयूजन ऑफ म्यूजिक विषय से शुरू होगा इसमें प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन भी अपनी प्रस्तुती देंगे उत्सव में दो सौ से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मंत्रिमण्डल के निर्णय से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है अधिसूचना जारी होने तक प्रदेश में अब तृतीय चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों पर रोक पंजाब केसरी का शीर्षक है गैर हिमाचलियों को अब तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में सशर्त मिलेगी नौकरी

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं धर्मशाला में शीत सत्र नौ दिसम्बर से

जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है तृतीय चतुर्थ श्रेणी नौकरियों में बाहरियों का प्रवेश बंद

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हाईकोर्ट ने मांगी फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री कैबिनेट विस्तार पर होगी चर्चा हिमाचल दस्तक की एक खबर है अमर उजाला ने लिखा है बेल्ट ठीक से न बांधने पर पैराग्लाइडिंग करते नीचे गिरा पर्यटक मौके पर मौत रविंद्र रवि के कहने पर ही मनोज मसंद ने वायरल किये थे मैसेज शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा पंजाब केसरी ने रविंद्र रवि के हवाले से सुर्खी दी है पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही